आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में आज वित्त और कॉरपोरेट कार्यमंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की आर्थिक समीक्षा में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था दो हजार अट्ठारह उन्नीस में छह दशमलव आठ प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है इससे आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी आर्थिक समीक्षा में दो हजार पच्चीस तक भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की गई है इस विजन को साकार करने के लिए भारत को तेजी से प्रगति करनी होगी और सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर आठ प्रतिशत बनाये रखनी होगी इसमें निजी निवेश रोजगार निर्यात और मांग पर आधारित विशेष रणनीति तैयार करने की सिफारिश की गई है समीक्षा में यह भी बताया गया है कि पिछले पांच वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है केन्द्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आर्थिक वृद्धि तथा वृहद आर्थिक स्थिरता के लाभ समाज के निचले तबके तक पहुंचे प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा में वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का तीन दशमलव चार प्रतिशत रहने का अनुमान है कृषि वानिकी और मत्स्यपालन क्षेत्र की वृद्वि दर दो दशमलव नौ प्रतिशत और देश में अनाज उत्पादन अट्ठाईस करोड़ चौंतीस लाख टन रहने की संभावना है वर्ष अट्ठारह उन्नीस में आयात पन्द्रह दशमलव चार प्रतिशत की दर से बढ़ेगा जबकि निर्यात की वृद्धि दर बारह दशमलव पांच प्रतिशत रहेगी राजकोषीय वर्ष अट्ठारह उन्नीस में विदेशी मुद्रा भंडार इकतालीस खरब उनतीस अरब डॉलर रहने का अनुमान है केन्द्रीय बजट केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में केन्द्रीय बजट पेश करेंगी यह नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल लोकसभा में पेश होने वाले केन्द्रीय बजट दो हजार उन्नीस बीस पर दिनभर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा इस कार्यक्रम में हमारे यू ट्यूब चैनल न्यूजऑन एआईआर ऑफिशियल पर सुबह दस बजकर दस मिनट से बजट से पहले चर्चा वित्त मंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण विशेष बजट बुलेटिन और स्टूडियो में विशेषज्ञों से बजट पर चर्चा प्रसारित होगी राशन कार्ड दिशा निर्देश प्रदेश में राशनकार्डो के नवीनीकरण का कार्य आठ जुलाई से तीस अगस्त तक किया जाएगा इस संबंध में नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं राशन कार्ड नवीनीकरण के दौरान हितग्राही को पात्रतानुसार खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा जारी परिपत्र में सभी जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि प्रचलित अंत्यादेय प्राथमिकता तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के सभी राशन कार्डो के नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाए नवीनीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर सत्यापन केन्द्र बनाए जाएंगे यह केन्द्र शासकीय उचित मूल्य की द्वकान से अलग स्थान पर होंगे आवेदन पत्र के साथ राशनकार्डधारी मुखिया और परिवार के सभी सदस्यों के आधारकार्ड की छायाप्रति देना जरूरी होगा आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर आधार पंजीयन पावती की छायाप्रति और संचालक खाद्य द्वारा जारी कोई एक फोटोयुक्त परिचय पत्र की छायाप्रति दे सकते हैं इसके साथ ही मुखिया की बैंक पासबुक की छायाप्रति और आवेदक के दो पासपोर्ट साईज फोटो देनी होगी मंत्रिमंडल निर्णय प्रदेश के बस्तर संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब प्रत्येक परिवार को चने के साथ दो किलो गुड़ का निःशुल्क वितरण किया जाएगा यह फैसला कल रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया मंत्रिपिरषद ने रेत उत्खनन के लिए जिला कलेक्टरों के माध्यम से नीलामी कर रेत खदानों का पट्टा देने को मंजूरी दी बैठक में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया इसमें पूर्व के पट्टाधारियों को फ्री होल्ड करने के साथ क्छ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं एक अन्य फैसले में शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों को पेंशन देने के साथ ही वर्ष दो हजार उन्नीस के लिए नई तबादला नीति का भी अनुमोदन किया बैठक में कुछ संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी गई इनमें इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक शामिल हैं

इसके लिए पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी सहमति दे दी है सभी आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण छह लाख पैंतालीस हजार रूपए की लागत से किया जाएगा इनमें से पांच लाख रूपए मनरेगा मद से और एक लाख पैंतालीस हजार रूपए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे इन सभी आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में एक सौ उनतीस करोड़ रूपए की लागत आएगी

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष के एम हनुमन्थरायप्पा ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि वर्तमान में प्रदेश में टसर सिल्क की दो ही फसलें ली जाती हैं उन्होंने कहा कि रेशम की दूसरी किस्में और नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि यहां के किसान एक साल में पांच से छह फसल ले सकें उन्होंने बताया कि आमतौर पर छत्तीसगढ़ में रेशम की टसर किस्म ही होती है लेकिन अब इस बात के प्रयोग किए जा रहे हैं कि अब यहां पर सबसे अधिक प्रचलित मलबरी किस्म का भी उत्पादन हो उन्होंने कहा कि रेशम का उत्पादन बढ़ने से और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के जुड़ने से न सिर्फ ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा उनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा हो सकेगी और पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी रथयात्रा विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आज ओड़िशा के पुरी में शुरु हुई लाखों भक्त आज पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में भगवान जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शनों के लिए एकत्र हो रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा को रथ महोत्सव भी कहा जाता है बारहवीं शताब्दी से चली आ रही इस यात्रा में हर वर्ष तीनों देवताओं के विग्रह जगन्नाथ मन्दिर से गुंडिचा मन्दिर के लिए प्रस्थान करते हैं नौ दिन का यह महोत्सव तीनों देवताओं के अपने मन्दिरों में वापस लौटने की बहड़ा यात्रा के साथ सम्पन्न होता है भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा का पर्व आज छत्तीसगढ़ में भी धार्मिक श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है सुबह से ही मंदिरों में श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा और दिनभर पूजा अर्चना का दौर जारी रहा इस मौके पर भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथ पर सवार कर यात्रा निकाली गई रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथयात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्वालु शामिल हुए इस दौरान मुख्यमंत्री ने छेरापहरा की रस्म पूरी कर सोने की झाड़ से बुहारी लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की इसके अलावा राजधानी रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित प्राचीन जगन्नाथ स्वामी मंदिर और सदर बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर से भी रथयात्रा निकाली गई प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली जा रही हैं इधर जगलदपुर में आज गोंचा महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा इक्कीस विग्रहों को तीन रथों में सवार कर नगर भ्रमण कराया गया यहां लोग भगवान को तुपकी से सलामी दे रहे हैं हुज यात्रा केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हज यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया दिल्ली से पहली उड़ान से दो सौ दो महिलाओं सहित चार सौ उन्नीस यात्री हज के लिए रवाना हुए

इस अधिसूचना के तहत चिन्हित ग्रामों में स्वचलित मौसम केन्द्र की स्थापना की जाएगी